ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का मनरेगा कर्मियों से हड़ताल वापस लेने की अपील मांगों पर विचार करने का दिया आश्वासन शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा है कि राज्य में लगभग साढ़े चार हजार आदर्श स्कूल और एक सौ साठ आदर्श आंगनबाडी केंद्र बनाये जायेंगे मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में अगले अड़तालीस घंटे तक भारी बारिश और वजपात का जारी किया पुर्वानुमान पिछले चौबीस घंटे के दौरान पांच सौ इकतीस नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर अठारह हजार सात सौ छियासी हो गई है इसमें आठ हजार आठ सौ उनचास सक्रिय मामले हैं जबकि स्वस्थ होनेवालों की कुल संख्या नौ हजार सात सौ अड़तालीस और मृतकों की संख्या एक सौ नवासी है वहीं संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर इक्यावन दशमलव आठ आठ प्रतिशत और मौत की दर बढ़कर एक प्रतिशत हो गई है इधर पिछले चौबीस घंटे में छह सौ निन्यान्बे कोरोना संक्रमितों को उपचार के बाद कोविड अस्पतालों से छट्टी दे दी गई कोरोना को मात देने वालों में सबसे ज्यादा रांची के दो सौ तैंतीस गढ़वा के पंच्यान्बे पाक्ड़ के छियासठ गुमला के साठ गिरिडीह के संतावन चतरा के अड़तीस सिमडेगा के उनतीस हजारीबाग के अठाइस और रामगढ़ क सताइस लोग शामिल हैं वहीं इस दौरान सबसे ज्यादा पूर्वी सिंहभूम से सड़सठ रांची से बासठ पलामू से साठ गढ़वा से उनचालीस शामिल हैं इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम में पांच साहेबगंज और पश्चिमी सिंहभूम से दो दो व गढ़वा और देवघर में एक एक कोरोना संक्रमित के मौत की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है झारखंड समेत देशभर के मनरेगा कर्मी अपनी मांगों को लेकर छब्बीस और सताइस अगस्त को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे अखिल भारतीय मनरेगा मजदूर संघ ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है इधर झारखंड के मनरेगा कर्मियों की हड़ताल पिछले पंद्रह दिनों से जारी है ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कोरोना संकट को देखते हुए मनरेगाकर्मियों से हड़ताल वापस लेने की अपील की है उन्होंने कहा कि काम पर लौटने वाले कर्मियों को बर्खास्त नहीं किया जाएगा और उनकी मांगों पर सरकार विचार करेगी राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है इसे देखते हुए नए कोविड केयर सेन्टर के साथ साथ कोविड अस्पतालों में बेडों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है रिम्स के कोविड आईसीयू में बेडों की संख्या को पच्चीस से बढ़ाकर पच्चास किया जा रहा है वहीं रांची सदर अस्पताल में साठ बेड का डेडिकेटेड कोरोना अस्पताल बनाया जाएगा सिविल सर्जन ने बताया कि यहां फिलहाल तेरह वेंटिलेटर उपलब्ध और ऑक्सीजन आपूर्ति की भी व्यवस्था पुख्ता की जा रही है इसके अलावा अधिवक्ताओं के लिए अलग से कोविड केयर सेन्टर बनाया जाएगा झारखण्ड उच्च न्यायालय बिल्डिंग कमिटि की बैठक में यह निर्णय लिया गया राज्य में जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की जांच के लिए कल से चौदह अगस्त तक स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा इस दौरान चौंतीस हजार छह सौ नवासी सैम्पलों को लेने का लक्ष्य रखा गया है स्वास्थ्य सचिव डा नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि तीन दिनों तक चलने वाले स्पेशल डाइव के तहत सभी जिलों को सैम्पल संग्रहण का लक्ष्य दिया गया है उन्होंने बताया कि राज्य में राष्ट्रीय औसत के मुकाबले तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या भी बढ़ाई जा रही है गौरतलब है कि इसके पूर्व भी चलाए गए स्पेशल ड्राइव के तहत सैंतालीस हजार से ज्यादा सैम्पल संग्रहित किए गए थे राज्य में अबतक दो हजार पांच सौ पैंसठ पुलिस पदाधिकारी और कर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक संक्रमित होनेवालों में एक एक पुलिस अधीक्षक एक सहायक पुलिस अधीक्षक छह पुलिस उपाधीक्षक पच्चीस इंस्पेक्टर एक सौ बावन दारोग दो सौ तेईस एएसआई एक सौ अठहतर हवलदार और एक हजार आठ सौ पैंसठ जवानों के अलावा अन्य कर्मी शामिल हैं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

शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बताया कि लीडर विद्यालयों को आदर्श विद्यालय की तर्ज पर विकसित किया जाएगा इस संबंध में तैयार प्रस्ताव को अब मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए रखा जाएगा उधर लातेहार जिले में एक सौ सड़सठ आंगनबाड़ीकेंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाएगा इसे लेकर लातेहार जिला प्रशासन और सीसीएल के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है इससे पहले भी रांची हजारीबाग रामगढ़ और बोकारो के आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श केंद्र के रुप में विकसित करने के लिए सीसीएल और संबंधित जिला प्रशासन के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया जा चुका है झारखंड उच्च न्यायालय ने ग्मला जिले में कतरी जलाशय परियोजना के विस्थापितों को नियुक्त नहीं किए जाने पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है मुख्य न्यायधीश डॉ रवि रंजन और न्यायधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने इस मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुई सरकार से पूछा कि अदालत के आदेश के बाद भी विस्थापितों को क्यों नियुक्ति पत्र नहीं मिला है सरकार ने अदालत से इस मामले में समय देने का आग्रह किया है अब अगली सुनवाई सात सितंबर को होगी शिक्षक दिवस पर दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए तीन शिक्षकों और राजकीय पुरस्कार के लिए तेरह शिक्षकों के नाम केन्द्र सरकार को राज्य सरकार की ओर से भेजे गए हैं राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए बोकारो की शिक्षिका निरूपमा कुमारी रांची के शिक्षक अवनींद्र सिंह और सिमडेगा के सुनील कुमार सोनी का नाम भेजा गया है जामताड़ा जिले में तेजस्विनी योजना के तहत युवतियों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है

एन एच एम के अभियान निदेशक रवि शंकर शुक्ला ने इस बताया कि मातृत्व अवकाश दो प्रसव के लिए ही मिलेगा साथ ही इसका लाभ उन्हें मिलेगा जिन्होनें अपने अंतिम बारह महीने में कम से कम अस्सी दिन तक कार्य किया हो

राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में आम लोगों के प्रवेश की इजाजत नहीं होगी इस समारोह की तैयारियों को लेकर दक्षिणी छोटानागपुर के आयुक्त ने अधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दिए दिशा निर्देश के तहत स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए जाएंगे इस समारोह में आगंतुको की संख्या सीमित होगी और चिकित्सकों स्वास्थ्य कर्मियों तथा अन्य कोरोना वारियर्स के साथ इस संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों को विशेष तौर पर बुलाया जाएगा उधर खूंटी के कचहरी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर पूरे एहतियात के साथ परेड का रिहर्सल किया जा रहा है

राज्य के सभी शहरों में फुटपाथ दुकानदारों के लिए वेंडिंग जोन बनाया जाएगा नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौर्बे ने सभी नगर निकायों को वेंडिंग जोन के लिए जगह चिन्हित करने का निर्देष दिया है शहरों की आबादी को देखते हुए वेंडिंग जोन का निर्माण किया जाएगा वेंडिंग जोन में ठेला और खोमचा पर कारोबार करने वालों पर भी जगह आवंटित की जाएगी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने उपराष्ट्रपति के तौर पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को बधाई दी है और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है उन्होंने कहा कि राज्यसभा के सभापति के रुप में श्री नायडू की मेधा और निष्पक्षता के साथ उनके कार्यकाल में रिकार्ड पैमाने पर विधायी कार्य हुए हैं राज्य के क्छ हिस्सों में अगले अड़तालीस घंटे तक भारी बारिश और वज्जपात होने की संभावना है मौसम केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि दो दिनों तक कमजोर रहने के बाद मॉनसून फिर सक्रिय हो रहा है इस दौरान कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है उन्होंने बताया कि जून से अबतक राज्य में पांच सौ छियालीस मिलीमीटर बारिश हो चुकी है अब संक्षिप्त खबरें राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने पूर्व राष्ट्रपति डा प्रणव मुखर्जी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है

पूर्व मुख्य मंत्री बाबूलाल मरांडी ने पंचायत सचिव की अंतिम मेरिट लिस्ट जल्द प्रकाशित करने के लिए मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को पत्र लिखा है राज्य के पारा शिक्षकों ने चार सितंबर तक स्थायी करने की मांग पूरी नहीं होने पर पांच सितंबर से फिर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी राज्य सरकार को दी है रेलवे ने पांच हजार से ज्यादा पदो पर बहाली के लिए फर्जी विज्ञापन जारी करने वाली एक निजी एजेन्सी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है